नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा श्री जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जारी की गई रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय में पेश की गई जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने श्री जोगी और श्रीमती जोगी के नामांकन पत्र को विधि सम्मत नहीं मानते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया मिली जानकारी के मृताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अमित जोगी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पॉर्टी की ओर से आपत्ति लगाई गई थी गौरतलब है कि छानबीन समिति द्वारा अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है श्री जोगी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री जोगी ने आरोप लगाया कि उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर उच्च स्तरीय छानबीन समिति के आदेश की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है और न ही इस मामले पर उन्हें जवाब देने का समय दिया गया श्री जोगी ने इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने की बात कही उन्होंने कहा कि उनका नामांकन निरस्त होने के बाद नया पार्टी प्रत्याशी तय करने को लेकर कोर कमेटी द्वारा फैसला लिया जाएगा विधायक और पूर्व मंत्री बुजमोहन अग्रवाल ने श्री जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने को नैतिक तौर पर गलत बताया है उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने छानबीन समिति और चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अमित जोगी और ऋचा जोगी सहित छह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए जिन उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए उनमें पृष्पेश्वरी कवर मूलचंद क्शराम ओमकरन पोर्ते और गुलाब सिंह का नाम भी शामिल हैं जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक जो उम्मीदवार अपनी जाति संबंधी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए उनके नामांकन पत्र निरस्ता कर दिए गए हैं इस उपच्रनाव के लिए उन्नीस उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख उन्नीस अक्टूबर है इस सीट के लिए मतदान तीन नवंबर को होगा

भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने इस विधानसभा क्षेत्र के निमधा खुरपा पंडरी और सेवनी सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया इसी तरह पूर्व संसदीय सचिव चंपादेवी पावले र्न भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में लरकेली गांव में एक च्नावी सभा को संबोधित किया वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर केके ध्रव के पक्ष में आज लोहारी कटरा बेलझिरिया सहित अनेक गांवों में जनसंपर्क किया इससे पहले उन्होंने उसाड गांव में नक्कड सभा को संबोधित भी किया इस बीच कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा पीएल पुनिया और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं पंजीयन नियम जमीन की ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने और इसमें लगने वाला समय कम करने के लिए पंजीयन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है इसके अनुसार अब प्रॉपर्टी की कीमत का पांच फीसदी स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइनमेंट मिलेगा महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक धर्मेश साह ने बताया कि ई पंजीयन प्रणाली के तहत यह बात सामने आ रही है कि अपॉइनमेंट तो ज्यादा लिए जा रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री कम हो रही है इससे यह बात स्पष्ट हुई कि लोग अनावश्यक रूप से अपॉइनमेंट ब्रक करा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को बेवजह इंतजार करना पड़ रहा है ऑनलाइन अपॉइनमेंट की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अब न केवल प्रॉपर्टी की कीमत का पांच प्रतिशत स्टाम्प पेपर ऑनलाइन अपॉइनमेंट से पहले खरीदना होगा बल्कि पोर्टल पर अब रात की बजाय सबह आठ बजे से अपॉइनमेंट देने की शुरूआत की जाएगी और अगले पंद्रह दिनों तक के लिए ऑनलाइन अपॉइनमेंट लिए जा सकेंगे वहीं राजधानी रायपूर के पंजीयन कार्यालय में अधिक दस्तावेज जमा होने के कारण पांचवां उप पंजीयक कार्यालय खोलने की मंजूरी भी दी गई है इस पंजीयन कार्यालय में रायपूर एसआर फाईव नाम से पंजीयन किया जा सकेगा पक्षकार इसके लिए सोमवार उन्नीस अक्टूबर से अपॉइनमेंट प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है पंजीयन कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा

इस संबंध में जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी जिले में परीक्षा केन्द्र स्थल कंटेनमेंट जोन में आता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक परीक्षा केन्द्र की स्थापना की जाए परीक्षा केन्द्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर परीक्षार्थियों के बीच निश्चित दूरी का पालन और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं

अभियान के दूसरे दिन आज प्रशासन की ओर से लोगों को मास्क ही वैक्सीन की शपथ दिलाई गई साथ ही मास्क का वितरण भी किया गया बाईस अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान हर दिन जागरूकता पर आधारित अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं वहीं महासमंद जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरके परदल ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह लें उन्होंने कहा है कि सर्दी के मौसम में संक्रमण के और बढने की आशंका है ऐसे में मास्क पहनें और हाथों को बार बार घोने के साथ ही दो गज की दूरी जैसे उपायों का पालन निश्चित तौर पर करें इस बीच दुर्ग स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष में आज पुलिस विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पेट्रोल पम्प संचालकों की बैठक ली जिसमें पेट्रोल पम्प संचालकों को यह निर्देश दिए गए कि फ्लैक्स और ऑडियो संदेश के जरिये मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं मास्क नहीं तो डीजल नहीं का संदेश प्रसारित किया जाए सिंहदेव अपील स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नवरात्र और अन्य त्यौहारों को देखते हुए लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

आज से लेकर नौ दिनों तक सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां दूर्गा की विशेष पूजा अर्वना की जाएगी मंदिरों में आज से घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्जवलित किए गए हैं प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी रतनपुर और रायपुर स्थित महामाया मंदिर और डोंगरगढ स्थित मां बम्लेश्वरी के मंदिरों में शारदेय नवरात्र के दौरोन विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश को सभी मंदिरों में संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा इस बीच अंबिकापुर स्थित मां महामाया मंदिर में नवरात्र पर्व के दौरान श्रद्वालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है वहीं महासमंद जिले के चण्डी मंदिर और खल्लारी मंदिर में भी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्जवलित किए गए हैं लेकिन आम लोग ज्योति कलश के दर्शन नहीं कर सकेंगे उधर पचहत्तर दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में आज जोगी बिठाई की रस्म अदा की गई सिरासार भवन में परंपरानुसार जोगी परिवार ने इस रस्म को पूरा किया इसी के साथ कल से बस्तर दशहरे के लिए रथ की फूल परिक्रमा शुरू हो जाएगी इससे पहले कल काछनगुड़ी की रस्म अदा की गई कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस साल बस्तर दशहरे से संबंधित समी विधि विघानों और रस्मो का फेसबुक और यू ट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज और जिला कलेक्टर रजत बंसल ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वे सोशल मीडिया के माध्यम से ही बस्तर दशहरे के विभिन्न आयोजनों को देखें स्पेशल ट्रेन रेलवे ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है इसके तहत बिलासपुर और पटना के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन तेईस अक्टूबर से अट्ठाईस नवंबर तक किया जाएगा यह गाड़ी पूर्व में चल रही बिलासपुर पटना एक्सप्रेस के समय सारिणी के अनुसार ही चलेंगी वहीं पोरबंदर से हावड़ा के बीच द्वि साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा भी इक्कीस अक्टूबर से शुरू होगी इसके अलावा पच्चीस अक्टूबर से ओखा और हावड़ा के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा यह ट्रेन उनतीस नवंबर तक चलेंगी हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा भें छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरूवा घुरवा और बाड़ी योजनाँ की जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को भीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे वन मंत्री समीक्षा वन मंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने खैरागढ़ और डोंगरगांव अनुविभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी होने पर असंतोष जताया है राजनांदगांव में समीक्षा बैठक के दौरान श्री अकबर ने खैरागढ़ और डोंगरगांव अनुविभागों के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पटवारी मुख्यालय में रहें बैठक में श्री अकबर ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की छोकरा नाला ब्लास्टिंग रायपुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित छोकरा नाला में बने पुराने उच्च स्तरीय सुपर स्ट्रक्वर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसे विस्फोट से तोड़ा जाएगा इस वजह से उन्नीस अक्टूबर को रात बारह बजे से बीस अक्टूबर की सुबह चार बजे के बीच यहां के सभी और पूलों पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा यह जानकारी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता की ओर से दी गई है मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है इसके साथ ही प्रदेश के दक्षिणी इलाके में बारिश होने की संभावना भी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक मध्य बंगाल की खाड़ी और आंधप्रदेश के दक्षिण तटीय इलाके में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है वहीं पूर्व मध्य और उत्तर पूर्व अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र के और अधिक प्रबल होने के आसार हैं इसके प्रभाव से कल राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं लगातार बारिश की वजह से सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में कई स्थानों पर आवागमन बाधित होने के समाचार मिले हैं हमारे संवाददाता के अनुसार मुकरम गांव के पास नाले में पानी भरने की वजह से व्यापारी और ग्रामीण चिंतलनार साप्ताहिक बाजार नहीं पहुंच सके संक्षिप्त समाचार महासमुद जिले के सरायपाली में फर्जीवाड़े के आरोप में एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है साथ ही उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है एसडीएम सरायपाली की अग्रवाई में गठित जांच टीम ने छापामार कार्रवाई में पटवारी के कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की फर्जी सील और अटठाईस किसान किताब जब्त की हैं पोस्ट भैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन और इसके वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए महासमुंद जिला आदिवासी विभाग ने तिथियां घोषित कर दी हैं महासमुंद जिले को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एंबुलेंस की सुविधा दी गई है इससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने में आसानी होगी दुष्कर्म के आरोप के बाद निलंबित किए गए रायगढ़ जिले के पत्थलगांव थाने के तत्कालीन टीआई ने एक साल बाद आत्मसमर्पण कर दिया है जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण के पास लोहरसी गांव में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद नाराज ग्रामीण शांत हुए रायगढ़ के जेपीएल तमनार के अधिकारी से लूटपाट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस तीन अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने सीएसआर मद से जिले के प्रमुख शासकीय अस्पतालों में सुविधाए विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की है कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने रायपुर जबलपुर मार्ग पर लगभग पंदह लाख रूपये कीमत का गांजा बरामद किया है